मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने की मतदाताओं से बड़ी संख्या में मताधिकार प्रयोग करने की अपील लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण के लिये अधिसूचना कल हुई जारी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अमेठी संसदीय सीट से दाखिल किया अपना नामांकन पत्र निर्वाचन आयोग ने पीएम नरेंद्र मोदी बायोपिक फिल्म की रिलीज पर चुनाव पूरे होने तक लगाई रोक लोकसभा चुनाव के पहले चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आठ संसदीय सीटों पर अब से थोड़ी देर पहले मतदान शुरू हो गया है निर्वाचन आयोग ने मतदान के लिये सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक का समय निर्धारित किया है इस चरण में जिन आठ लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है उनमें सहारनपुर शामली मुजफ्फरनगर बिजनौर मेरठ बागपत गाजियाबाद और गौतमबुद्व नगर शामिल हैं इन सीटों पर दस महिला उम्मीदवारो सहित कुल छिनयानवे उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं

महत्वपूर्ण प्रत्याशी जिनका भाग्य ईवीएम मशीनों में बंद हो जाएगा उनमें गाजियाबाद से केन्द्रीय मंत्री जनरल यीके सिंह गौतम दुद्ध नगर में केन्द्रीय मंत्री डॉ महेरा शर्मा और बागपत में केन्द्रीय मंत्री डॉ सतपाल सिंह शामिल हैं राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख अजीत सिंह तथा पूर्व केन्द्रीय मंत्री संजीव बालियान मुजफ्फर नगर से चुनाव लड़ रहे हैं प्रदेश के पूर्व मंत्री और बसपा में रहे नसीमुद्दीन सिंहकी बिजनौर सीट पर हैं मुल्तान सिंह यादव आकाशवाणी समाचार लखनऊ मेरठ से हमारी प्रतिनिधि ने बताया है कि वहां मतदान शुरू होने के साथ ही अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए लोगों की कतार लगने लगी है

मतदान स्थल पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है

समी मतदान केन्द्रों पर डिजिटल कैमरे लगाये गये हैं जहां मतदान कार्य पर निगरानी रखने के साथ साथ पूरी मतदान प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जा रही है चुनाव आयोग ने इस बार शत प्रतिशत मतदान केन्द्रों पर वीपीपैट के इस्तेमाल की भी व्यवस्था भी की है पहले चरण के मतदान के लिये छह हजार पांच सौ पचहत्तर मतदान केन्द्रों पर सोलह हजार छह सौ पैंतीस मतदेय स्थल बनाये गये हैं उन्होंने बताया कि इस चरण के मतदान में एक करोड़ बावन लाख अड़सठ हजार छप्पन मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे इनमें तिरासी लाख सत्ताईस हजार चार सौ उन्हत्तर पुरूष मतदाता वहीं उन्हत्तर लाख उन्तालीस हजार सात सौ इकसठ महिला मतदाता तथा आठ सौ छबीस थर्ड जेंडर के मतदाता है उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि वोट डालना नागरिकों का पावन दायित्व है और हर एक नागरिक को राजनीति की ग्णक्ता बढ़ाने लोकतंत्र को मजबूत कर्ने और लोगों तथा राष्ट्र के उज्जवल भविष्य के लिए अपने लोकतांत्रिक अधिकार का उपयोग करना चाहिए उधर भारतीय प्रेस परिषद ने चुनाव संबंधी दिशा निर्देश जारी करते हुए किसी भी पार्टी या उम्मीदवार के खिलाफ बिना पृष्टि किए कोई आरोप छापने के खिलाफ भी अखबारों को आगाह किया है मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने मतदाताओं से अपील की है कि वे लोकतंत्र की आधारशिला को और मजबूत करने के लिए आज होने वाले मतदान के लिए बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों में पहंचें आकाशवाणी के साथ बातचीत में श्री अरोड़ा ने कहा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हम सब की तरफ से जो हमारे वोटर्स हैं यानी मतदाता हैं उनसे विनम्र अपील भी है प्रार्थना भी है कि वो अधिकाधिक अपना मतदान घर से निकलकर करें निष्पक्ष और निर्भीक तौर पर मतदान करें ताकि प्रजातंत्र की जो हमारी नींव है और भी अधिक मजबूत और सशक्त हो सकें श्री अरोड़ा ने कहा कि मतदान केंद्रों में पीने का पानी और बुजुर्गो तथा दिव्यांगों के लिए रैम्प जैसी सुविघाओं की व्यवस्था की गयी है च्नाव आयोग ने पिछले कुछ महीनों से हम सब लोग मिलकर जिसको हम भारत का देश का महा त्योहार कहते है उसकी तैयारी कर रहे है और हमें आशा ही नहीं पूर्ण विस्वास है कि इस महा त्योहार ये तभी सफल होगा अगर अधिकाधिक वोटिंग परसेन्टेज हो हमारी महिला वोटर्स हमारे सैनिक भाई जो बहुत सुगम क्षेत्रों में द्ररदराज मोर्चे पर बैठे हैं पर्सनस विद डिसएबिलिटी हमारे फस्ट टाइम वोटर्स हमने प्रयास किया है कि जहां तक हो सके उनकी मतदान की प्रक्रिया को और भी सरलीकरण और सुगमीकरण किया जाएं

अधिसूचना जारी होने के साथ ही इस चरण में प्रदेश की चौदह संसदीय सीटों पर कल से नामांकन पत्र दाखिल करने का काम भी शुरू हो गया है इस चरण के लिये नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख अट्ठारह अप्रैल है बीस अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच की जायेगी और बाईस अप्रैल तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकेंगे इस चरण में लखनऊ मोहनलालगंज सीतापुर रायबरेली अमेठी बांदा फतेहपुर बाराबंकी फैजाबाद कौशाम्बी धौरहरा बहराइच कैसरगंज और गोण्डा में छह मई को वोट डाले जायेंगे उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी ब्रहम देव राम तिवारी ने बताया कि पांचवे चरण के मतदान में कुल दो करोड़ सैंतालीस लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे इस बीच पांचवे चरण के अन्तर्गत आने वाली अमेठी संसदीय सीट से कल कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया इस दौरान संप्रग अध्यक्ष सोनिया गांधी पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद रहीं कौशाम्बी में सपा बसपा रालोद गठबंधन के उम्मीदवार इन्द्रजीत सरोज ने और बांदा में गठबंधन के उम्मीदवार श्यामा चरण गुप्ता ने कल अपना नामांकन दाखिल किया उधर भाजपा के अक्षयवर लाल गौड़ ने भी बहराइच संसदीय सीट से अपना पर्चा भरा लोकसभा चुनाव के पांचवे चरण के अन्तर्गत प्रदेश के बाराबंकी से भाजपा ने उपेन्द्र रावत कांग्रेस ने तनुज पुनिया और सपा बसपा गठबंधन ने राम सागर रावत को मैदान में उतारा है रायबरेली संसदीय सीट से कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी इस बार फिर मैदान में हैं भाजपा ने गांधी परिवार के करीबी रहे एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह को उनके खिलाफ उतारा है अमेठी संसदीय सीट से भाजपा की स्मृति ईरानी चुनाव लड़ रही है

सीतापुर से भाजपा ने राजेश वर्मा को बसपा ने नकुल दुबे को अपना प्रत्याशी बनाया है वहीं इस सीट से कांग्रेस की कैसरजहां चुनाव मैदान में है

आयोग ने यह भी कहा कि इलेक्ट्रोनिक और प्रिंट मीडिया में फिल्म से संबंधित कोई पोस्टर या प्रचार सामग्री प्रदर्शित नहीं की जानी चाहिए